कृतज्ञ राष्ट्र ने आज लोकनायक जय प्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्वापूर्वक याद किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकनायक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा याद किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जय प्रकाश नारायण के उल्लेखनीय योगदान और गरीबों के कल्याण के लिये किये गये उनके प्रयासों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है राजधानी पटना के जेपी गोलम्बर पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया पटना स्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी लोकनायक को श्रद्धापूर्वक याद किया गया जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि जेपी जयंती पर विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किये गये जय प्रकाश नारायण की जन्मस्थली सारण जिले के सिताब दियारा में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राज्यपाल लालजी टंडन ने सिताब दियारा में जेपी के पैतुक गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की श्री टंडन ने कहा कि जेपी ने सामाजिक न्याय और सामाजिक सदृभाव के लिये उन्नीस सौ चौहत्तर में समग्र क्रांति का आहवान किया था राज्यपाल ने जेपी विश्वविद्यालय छपरा में जयप्रकाश नारायण पीठ और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में जेपी के नाम पर शोध केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की उन्होंने छात्रों से शोध कार्य से जुड़ने का आह्वान किया

श्री कुमार ने कहा कि आज के दौर की राजनीति में लोग कट्ता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जिस भी विचारधारा पर चलें उसके लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के कदमकुंआ में चरखा समिति कार्यालय जाकर लोकनायक को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रार्थना सभा में भाग लिया इस अवसर पर श्री प्रसाद ने चरखा समिति कार्यालय में चल रहे महिला प्रशिक्षण केन्द्र में महिलाओं के कौशल विकास के लिये और भवन के जीर्णोद्वार तथा जेपी से संबंधित स्मृति अवशेषों के रख रखाव के लिये अपने सांसद कोष से पचास लाख रूपये देने की घोषणा की इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि जेपी ने अपने आंदोलन से छात्र नेताओं की एक नई पीढ़ी दी उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान उनकी भूमिका को देश कभी नहीं भूलेगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा लिखित पुस्तक लालू लीला का आज पटना में लोकार्पण हुआ इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस प्रस्तक के माध्यम से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जैसे शक्तिशाली नेता के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने का चित्रण किया गया है

आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के उददेश्य से भाजपा की आठ संसदीय क्षेत्रों के संचालन समिति की बैठक कल औरंगाबाद में होगी बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय भाग लेंगे

निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने खगड़िया अंचल के राज्य कर उपायुक्त शशिकांत चतुर्वेदी को एक लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अधिकारी कर गणना मे हेरफेर के एवज में खगड़िया के चित्रग्रप्त नगर स्थित अपने आवास पर शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था वहीं ब्यूरो की टीम ने पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाने में पदस्थापित एएसआई संतोष कुमार राम को चालीस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार एएसआई एक आपराधिक मामले की जांच के संबंध में शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विद्यालयों के वेतन और भत्ते के लिये एक सौ बाईस करोड़ इक्यानवे लाख रूपये जारी कर दिया है इस राशि से सिर्फ विधिवत नियुक्त शिक्षकों का ही वेतन भूगतान होगा शिक्षा विभाग ने कहा है कि यदि किसी शिक्षक के वेतन में गलत तरीके से निकासी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित अधिकारियों की होगी विभाग ने सभी स्कूलों और नियोजन इकाईयों को संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के तहत चलाये गये टीकाकरण अभियान से बच्चों की जानलेवा बीमारियों से रक्षा हो रही है मुफ्त टीकाकरण अभियान से पोलियो न्यूमोनिया दिमागी बुखार और रोटा वायरस सहित अन्य कई बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा कवच उपलब्ध हो रहा है हमारे बांका संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता रिपोर्ट जिले के कटोरिया प्रखंड के छातापुर की निवासी गायत्री देवी ने बताया कि पास के स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाडी केंद्रों पर टीकाकरण होने से बच्चों को टीका लगवाने में आसानी होती है

जुलाई से सितंबर के दौरान साढे ग्यारह हजार से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया आकाशवाणी समाचार के लिए बांका से बिध् शेखर बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान तितली के असर से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है दक्षिण बिहार और सीमांचल के इलाके में कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हो रही है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लखीसराय भागलपुर कटिहार शेखपुरा पूर्णिया और बांका में कई स्थानों पर झमाझम बारिश हई है वहीं पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में दिन भर आसमान में बादल छाये रहे

शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र में एक महिला की बलि चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने मृतका के तीन देवर एक देवरानी और तांत्रिक को गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से प्रलिस ने बीस बोरा देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है